प्रधानमंत्री जलशक्ति अभियान के तहत प्रदेश के हर जिले से दो गांव जलग्राम के रूप में किए जाएंगे विकसित

आयकर केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि पिछले पांच वर्षो में आयकर वसूली दोगुनी हुई है आयकर दिवस पर आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उन्होंने कर का दायरा बढ़ाने के महत्व पर जोर देते हए कहा कि इस काम के लिए आयकर के सभी विभागों को बेहतर तालमेल के साथ काम करना चाहिए केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने करदाता ई सहायता अभियान की शुरूआत की अनुराग ठाकुर ने न्यू इंडिया निर्माण में ईमानदार करदाताओं की भूमिका पर प्रकाश डाला इधर प्रदेश में भी कई जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया मण्डी में हुए एक कार्यक्रम में आयकर अधिकारी देवासिंह नेगी और राकेश ठाकुर ने केन्द्र सरकार द्वारा कर दाताओं के हित में चलाई गई विभिन्न योजनाओं में लोगों से सहयोग का आग्रह किया उन्होंने आयकर के महत्व और वित्त मंत्रालय द्वारा नागरिकों को आयकर प्रणाली से जोड़ने बारे विस्तृत चर्चा की

उन्होंने कहा कि लाहौल स्पिति ज़िले के सगनम और झोलिंग को जलग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा मारकंडा ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि जल्द ही इन दोनों गांवों की योजना बनाकर केन्द्र को भेजी जाएगी कृषि मंत्री ने लोगों से शून्य लागत प्राकृतिक खेती अपनाने और कृषि के मशीनीकरण के लिए विभाग द्वारा दी जा रही सब्सिडी का लाभ उठाने का आहवान किया इस अवसर पर उन्होंने जन शिकायतें सुनकर अधिकारियों को इनके निपटारे के आदेश दिए विपिन परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कहा है कि हरित आवरण को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं और वनों को रोजगार का साधन बनाने का प्रयास किया जा रहा है सुलह विधानसभा क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक पाठशाला भाटिलू में पौधरोपण कार्यक्रम के समापन अवसर पर उन्होंने ये विचार व्यक्त किए विपिन परमार ने कहा कि वन समुद्धि जन समुद्धि योजना के तहत लोगों को जड़ी बूटी इकट्ठा करने प्रसंस्करण और विपणन के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से वन संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आहवान किया बाद में उन्होंने जन समस्याएं सुनीं और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ने सीमेंट उद्योगों द्वारा बढ़ाए गए मूल्यों को लोगों के साथ अन्याय बताया है शिमला से जारी एक बयान में पार्टी महासचिव रजनीश किमटा ने कहा है कि प्रदेश में ही बन रहा सीमेंट पड़ौसी राज्यों के मुकाबले यहां के लोगों को महंगे दामों पर मिल रहा है उन्होंने प्रदेश सरकार पर पूंजीपतियों के दबाव में काम करने का आरोप लगाया किमटा ने प्रदेश में प्रस्तावित बिजली दरों में वृद्वि को अनावश्यक करार दिया उन्होंने कहा कि सरकारी डिपुओं में सस्ता राशन भी गायब है और कई महीनों से उपभोक्ताओं को नमक तक भी नहीं मिल रहा है

प्रधानमंत्री ने लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है लोग प्रधानमंत्री से अपने विचार माई गोव ओपन फोरम पर अपने संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं प्रतिनिधिमण्डल सोलन शहर के एक प्रतिनिधिमण्डल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात कर शहर की विभिन्न समस्याओं के बारे में उन्हें अवगत कराया प्रतिनिधिमण्डल ने नगर परिषद सोलन को नगर निगम में स्तरोन्नत करने का मुख्यमंत्री से आग्रह किया मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया डेजी ठाक्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाक्र ने महिलाओं से अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का आग्रह किया है महिलाओं की सुरक्षा व अधिकारों से जुड़े विभिन्न मामलों की सुनवाई के बाद आज मण्डी में उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य महिलाओं का उत्पीड़न व घरेल् हिंसा रोकने के साथ उनके अधिकारों की रक्षा करना है

वनमंत्री गोविंद ठाकुर ने अभियान को सफल बनाने के प्रयासों के लिए विभाग की सराहना की है गोबिंद ठाकुर इस बीच गोबिंद ठाक्र ने विभाग के अधिकारियों से लोगों में पौधरोपण को लेकर जागरूकता बढ़ाने का आहवान किया है बिलासपुर जिला के झण्डूता विधानसभा क्षेत्र की कथ्यूंन में आज जिला स्तरीय वन महोत्सव की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने समाज के हर वर्ग से अधिक से अधिक पौधे लगाने का आग्रह किया गोबिंद ठाकुर ने कहा कि पौधे लगाने के बाद उनका संरक्षण व संवर्धन करना भी जरूरी है

आज शिमला के जाखू में नगर निगम द्वारा आयोजित वक्षारोपण कार्यक्रम में पौधा लगाने के बाद उन्होंने कहा कि पर्यावरण के असंतुलन को केवल वृक्ष लगाने से ही संतुलित किया जा सकता है सुरेश भारद्वाज ने कहा कि वन विभाग द्वारा वनों में जंगली जानवरों के लिए चूली खुमानी और अन्य फलदार पौधे लगाने पर विचार किया जा रहा है ताकि किसानों व बागवानों की समस्या हल हो सके

वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि अगर पंचायतें इस धनराशि को खर्च नहीं कर सकीं तो ये पैसा वापिस चला जाएगा इस बीच वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि बीपीएल परिवारों को सूची से हटाने का सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है और न ही ग्राम पंचायतों को बीपीएल मुक्त करने के आदेश जारी किए गए हैं टमाटर सोलन जिला के किसानों की मुख्य नकदी फसल टमाटर है और हिमाचल के अलावा पड़ौसी राज्यों में भी यहां के टमाटर की खूब मांग है इन दिनों टमाटर की फसल तैयार है जिसके किसानों को बेहतर दाम मिल रहे हैं हालांकि किसानों का आरोप है कि अन्य मंडियों की तुलना में प्रदेश की मंडियों में टमाटर के दाम कम मिलते हैं जिससे उन्हें नुकसान होता है उन्होंने सरकार से बिचौलिएपन को समाप्त करने की मांग की है

इन विस्थापितों ने आज चम्बा में जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है

विस्थापितों का कहना है कि उन्हें परिवार का पालन पोषण करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने राज्यपाल से इस संबंध में उचित कार्रवाई की मांग की है